राजधानी लखनऊ में तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव का हुआ समापन राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने युवाओं से देश की महान विरासत को आगे ले जाने का किया आहवान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे सदन में जनसामान्य के मुद्दे उठाने का किया आह्वान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी अंचलों में कल से जारी वर्षा से जन जीवन पर पड़ा असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि खुलापन विभिन्न मतों के प्रति सम्मान और नवाचार भारतीयों के स्वाभाविक गुण है उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया घृणा हिंसा संघर्ष और आतंकवाद से मुक्त होने के प्रयास कर रही है ऐसे में भारतीय जीवनशैली आशा की नई किरण है प्रधानमंत्री ने कहा कि टकराव से बचने का भारतीय तरीका क्ररता का नहीं बल्कि संवाद का है प्रधानमंत्री कल कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान के विद्यार्थियों को वीडियो काफ्रेंसिग के जरिये सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने में अधिकतर पश्चिमी देशों को भी दो दशक लगे जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले दिन से ही महिलाओं को यह अधिकार देने का प्रावधान किया प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय विचारधारा का विश्व में बड़ा योगदान है उन्होंने कहा कि करूणा सदभाव न्याय सेवा और खुलापन जैसे सिद्धांत भारतीय जीवन शैली के केन्द्र बिंदु हैं देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत परीक्षा पे चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा इसमें देशभर से आए दो हजार से अधिक छात्र अमिभावक और शिक्षक हिस्सा लेंगे श्री मोदी परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव से निपटने से संबंधित चुनिंदा छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे इस कार्यक्रम में मणिपुर के विभिन्न स्कूलों के आठ छात्र भी शामिल होंगे इनके अलावा वहां के एक स्कूल के अध्यापक भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे आकाशवाणी से बात करते हुए लीमाखोंग केंद्रीय विद्यालय की कक्षा ग्यारह की छात्रा सुभिता अंगोम ने बताया कि वह इस कार्यक्रम के लिए च्ने जाने को लेकर बहत उत्सााहित है जब मुझे पता चला कि मेता चयन परीक्षा पे चर्चा के लिए हुआ है तो मैं बहुत उत्साझहित हुई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिल पार्रंगी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है वे कल नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के समर्थन में बिहार के वैशाली जिले में खरौना मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से बहुत से पीड़ितों को न्याय देने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा कि गांधीजी भी दलितों को न्याय देने के पक्ष में थे उन्होंने विपक्षी राजनीतिक दलों से कहा कि वे सीएए के मामले में लोगों को भ्रमित न करें

दोषियों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल पेश की गई न्यायनूर्ति ढींगरा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया और कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस ने कभी भी जांच करने की पहल नहीं की उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्य निष्कर्ष यह कहता है कि इन दंगों की सही जांच कभी नहीं हुई श्री जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के सुल्तानपुर में पांच सौ घटनाएं हुई और प्रशासन को कई हलफनामे मिले लेकिन मात्र एक प्राथमिकी दर्ज की गई श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह उन्नीस सौ चौरासी में हुआ सबसे बड़ा हत्याकांड था और यह दंगा नहीं बल्कि एकतरफा सामूहिक हत्या थी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तीन हजार से अधिक लोगों को मरने दिया और फिर सैम पित्रोदा जैसे नेताओं ने इस पर अपमानजनक टिप्पणी की उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान पुलिस का पूरा प्रयास हमेशा दोषियों को बचाना था

वह कल लखनऊ में पांच दिवसीय तेईसवें राष्ट्रीय यूवा उत्सव के समापन अवसर पर बोल रही थी उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों से आये युवाओं द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया वह हमारी संस्कृति के साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुई है कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि यूवा महोत्सव के आयोजन से देश के यूवाओं में एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह का संचार हुआ है श्री मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय यूवा उत्सव ने देश भर के युवाओं को अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन का मंच प्रदान किया उन्होंने कहा कि यह आयोजन लंबे समय तक याद किया जाएगा इस अक्सर श्री मौर्य ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने का भी आह्वान किया पांच दिनों तक चले राष्ट्रीय युवा उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें सदन में जन सामान्य के मुद्दे उठाने चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सुधार किया जा सके उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और इसलिए जनप्रतिनिधियों का उत्तदायित्व भी बढ़ गया है श्री बिड़ला कल लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस सम्मेलन में संसद और राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी महासविव प्रमुख सचिव और विदेशों के प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं कार्यक्रम का शुभारम्म करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ऐसे कानून की आवश्यकता है जिससे सदनों की कार्यवाही बिना बाधा के चले बाइट आज सारा देरा जिस पर चिंतित रहता है कि सदन विना व्यक्षान के चले बिना बाधित चले सदन में चर्चा हो वाद विवाद हो सहमति असहमति हो लेकिन संसद चले विधानमंडल चले इसके लिये सभी विधानमंडल को और संसद ने एक नीतिगत फैसला किया है कि हम ऐसे कानून बनाये नियम बनाये जिससे कि सदन ठीक से चले

उन्होंने सदस्यों से जनता का विश्वास जीतने और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखने की आवश्यकता बताई हम कोशिश कर रहे हैं कि संसद और विधानमंडल जनता के प्रति किस तरीके से जवाबदेही बन सकते हैं किस तरीके से हम जनता के विश्वास भरोसे से जीत सकते हैं संयम अनुशासन के साथ हमारी संसदीय मर्यादाओं पालन करते हुए सदन में अपनी बात को कहने का प्रयास करना चाहिये इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसदीय संस्थाओं की गरिमा और शुचिता को बनाये रखने की आवश्यकता बताई लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि हम इन प्रतिनिध संस्थाओं की गरिमा और शुविता को बनाये रखे समी गणमान्य प्रतिनिधि इस बात से सहमत होगे कि यह संस्थाएं तमी अपने दायित्व का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकती है जब संसद का कार्य सुचार और व्यवस्थित रूप से संचालित हो इस सम्मेलन का मुख्य विषय जन प्रतिनिधियों की भूमिका रखा गया है

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले चौबीस घंटों से जारी बूंदाबादी और बारिश से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने से फसलों के नुकसान के भी समाचार हैं कानपुर कौशाम्बी लखीमपुर खीरी बलरामपुर गोंडा हमीरपुर अयोध्या और आस पास के क्षेत्रों समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल दिनभर रूक रूक कर वर्षा होती रही कानपुर में अत्यधिक वर्षा और ठण्ड के कारण आज और कल कक्षा आठ तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है सिद्वार्थनगर में आज कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गये हैं मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में आज भी बारिश की सम्भावना जताई है